धारा एक सौ चौवालीस लागू

केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है साथ ही श्रीनगर में धारा एक सौ चौवालीस लागू कर दी गयी है इस इलाके में इंटरनेट सेवाएं और स्कूल कॉलेज बंद हैं तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आधी रात को एक आपात बैठक ब्रुलाई जिसमें पुलिस प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी शामिल हुये इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलायी है जिसमें कश्मीर के मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला होने की सम्भावना जतायी जा रही है इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गृह सचिव राजीव गौबा और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा की गयी इस बीच घाटी से बाहरी लोगों के निकलने का सिलसिला जारी है घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गयी है प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है ताकि उन लोगों का विश्वास भी जीता जा सके जिन्होंने पार्टी को वोट नहीं दिया उन्होंने कहा कि देश और देश हित सर्वोपरि है नई दिल्ली में भाजपा सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सांसदों से ऐसी राजनीति करने का अनुरोध किया जिससे आम लोगों का कल्याण हो सके संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से यह भी कहा कि वे ऐसा व्यवहार रखें जो सबका दिल जीत सके बाईट उन्होंने टीम सपिरिट के बारे में कहा है टीम सपिरिट के साथ कैसे चलना और राजनीति में नेगेटिविटी थिंकिंग यह नहीं रहना चाहिए

आज जो कोई हमको हमारा साथ दिया या नहीं दिया आगे में हमारे कार्य से हमारे बिहेवियर से नजदीक आना चाहिए भाजपा ने अपने सदस्यों से यह भी कहा कि वे अपने क्षेत्रों में पदयात्रा करें और सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यों की जानकारी लोगों को दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि दो हजार बीस से राज्य की हर पंचायत में नवीं की पढ़ाई शुरू हो जायेगी पटना हाई स्कूल के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए तेजी से काम कर रही है उन्होंने बताया कि अब तक छह हजार से अधिक पंचातयों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जा चूके हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी पंचायतों में इंटर की पढ़ाई शुरू करने के लिए की आवश्यक कदम उठा रही है पूर्णिया जिले के सहायक खजांची थाना अन्तर्गत बस स्टैंड के पास डिवाईडर से टकराने से एक यात्री बस में भीषण आग लग गई इस हादसे में कई लोग झुलस गये हैं जिलाधिकारी प्रदीप कुमार झा ने घटना की जानकारी देते हुये बताया कि शुरूआती जांच में एक व्यक्ति के मरने की प्रष्टि हुई है जबकि दस लोगों का इलाज प्रर्णियां सदर अस्पताल में चल रहा है इसमें एक की हालत गम्भीर बतायी जा रही है बस मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी जा रही थी जिसमें लगभग चालीस से पचास लोग सवार थे वहीं कटिहार जिले के पोठिया ओपी थाना क्षेत्र के एनएच इकतीस पर समेली चौक के पास काँवरिया से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई जिससे एक महिला काँवरिया की मौत हो गई जबकि अन्य पांच कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गए हैं राज्य में डीजल अनुदान के लिए पोर्टल खूलने के चार दिन के भीतर दस हजार किसानों ने अनुदान के लिए आवेदन दिया है डीजल अनुदान की प्रक्रिया सरल होने से आवेदन की संख्या बढ़ी है आवेदन की तारीख के पच्चीस दिन के अन्दर उनके खाते में पैसा चला जायेगा सरकार बीज डालने और उसकी सिंचाई के लिए दो पटवन का डीजल अनुदान किसानों को देगी साथ ही रोपनी के बाद तीन सिंचाई के लिए अनुदान मिलेगा एक लीटर डीजल पर पचास रूपये अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है सावन की तीसरी सोमवारी और नागपंचमी के अवसर पर आज राज्य के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ दरभंगा के क्शेश्वर स्थान मध्बनी के कपिलेश्वर स्थान रोहतास के गुप्ताधाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है इन स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किये गए हैं देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं मूंबई में जारी भारी बारिश के कारण बिहार से आने जानेवाली कई ट्रोनों को रद कर दिया गया है पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि मुंबई में भारी बारिश के बाद मुंबई रूट में स्टेशनों पर भारी जलजमावलैंड स्लाईड की वजह से सेंट्रल रेलवे ने इन ट्रेनों को रद्द किया है रदद् होनेवाली ट्रेनों में लोकमान्य तिलक दरभंगा एक्सप्रेस अप और डाउन लोकमान्य तिलक राजेन्द्र नगर पटना एक्सप्रेस अप और डाउन समेत कई ट्रेन शामिल हैं इधर आज भी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में तेज बारिश हो रही है मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आज से दक्षिणी बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों में सक्रिय होने के आसार हैं इसके कारण इन क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे और कुछ जगहों पर ब्रंदाबांदी होने की सम्भावना है

डॉल्फिन मैन के नाम से मशहूर प्रोफेसर आर के सिन्हा जम्मू के कटरा स्थित श्री माता वैष्णोदेवी यूनिवर्ससिटी के कुलपति बनाये गये हैं वे कल अपना पदभार ग्रहण करेंगे

गुरू गोविंद सिंह हाई स्कूल पटना सिटी ने सुब्रतो मुखर्जी जिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है फाइनल मुकाबले में उसने संत माईकल हाई स्कूल को चार एक से पराजित कर दिया सत्तरवीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन सत्रह से चौबीस अक्टूबर तक पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगा कल चैंपियनशिप की ट्रॉफी का अनावरण किया गया पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने बताया कि पटना से हाजीपुर को जोड़ने वाली महात्मा गांधी सेतु के पश्चिमी लेन पर दिसम्बर माह से वाहनों का परिचालन शुरू हो जायेगा इस पुल के सुपर स्ट्रक्चर बदलने का काम अंतिम चरण में है पटना सहित राज्य के चार जिलों में सात नये बाल केन्द्र खोले जायेंगे पटना के अलावा भागलपुर गया और दरभंगा में भी यह केन्द्र खुलेंगे सीमांचल एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे पति पत्नी पर हमला कर अपराधियों ने पत्नी की हत्या कर दी वहीं पति को गोली मार कर घायल कर दिया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने उपराष्ट्रपति के पटना आगमन से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय दर्जा दिलाने के लिए बात करूंगा वेंकैया इसके अलावा अखबार ने कश्मीर के हालात से जूड़ी खबर को शीर्षक दिया है उमर व महबूबा नजरबंद घाटी में इंटरनेट सेवा ठप प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुख शीर्षक बनाते हुये लिखा है केन्द्र अगर पीयू को अपना लेता तो आज इसकी होती विशिष्ट पहचान दैनिक भास्कर लिखता है भीड़ की हिंसा पर सीजेआई बोले कुछ लोग और समूह लड़ाकू व्यवहार कर रहे हैं

धारा एक सौ चौवालीस लागू